जांच एजेंसी ने उन्हें कल रात नई दिल्ली में जोर बाग स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया दिल्ली उच्च न्यायालय से मंगलवार को चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीबीआई उनकी तलाश कर रही थी हालांकि वे कल शाम कांग्रेस मुख्यालय में उपस्थित हए और मीडिया को संबोधित किया इस बीच कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि पूर्व कोन्द्रीय मंत्री विदम्बरम की गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की भावना से की गई है पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि चिदम्बरम या उनके पृत्र पर आई एन एक्स मीडिया मामले में किसी अपराध का आरोप नहीं है सुरजेवाला ने कहा कि विदम्बरम र्न हर मौके पर जांच अधिकारियों से पूरा सहयोग किया है उन्होंने यह भी केहा कि कांग्रेस पार्टी विदम्बरम के साथ है और उसे उनके निर्दोष होने का पूरा भरोसा है चिदम्बरम के पृत्र कीर्ति चिदम्बरम ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनके पिता की गिरफ्तारी से केवल संबंधित व्यक्ति को ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी निशाना बनाया गया है प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अपील की है कि वह गांवो को गोद लें ऐसा करने से प्रदेश में उच्च शिक्षा की तस्वीर बदल जायेगी उन्होंने विश्वविद्यालयों को एक एक और कॉलेजों को पांच पांच गांव गोद लेने की सलाह दी राज्यपाल आज गोरखपूर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को बतौर कलाधिपति सम्बोधित कर रहीं थीं उन्होंने दीक्षा प्रमाण पत्र ले रहे विद्यार्थियों से कहा कि सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र आत्मविश्वास और कार्यकृशलता है इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों से कहा कि वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिये तकनीक का प्रयोग करें तकनीक सफलता की राह को आसान बनायेगी सरकारी योजनाओं को तकनीक के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने की चर्चा भी मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में की दीक्षांत समारोह को सम्बोधित करते हये पदमविम् ाण नारायण मूर्ति ने नया भारत गढ़ने के लिये अपना सर्वश्रे ठ प्रयास करने की युवाओं से अपील की उन्होंने कहा कि युवा कैंसा भारत चाहते हैं यह उन्हें खूद तय करना होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को बाल श्रम के अभिशाप से मुक्त कराने के लिये पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों से सहयोग मांगा है श्री योगी ने इस सिलसिले में इन सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर कहा है कि वह विभिन्न तरह के कामों में लगे बाल श्रमिकों की पहचान कर उन्हें उनके कार्यस्थलों से मुक्त कराने में अपना सहयोग दें उन्होंने जनप्रतिनिधियों का आहवान किया है कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से संचालित योजनाओं का लाम इन बाल श्रमिकों को जरूर दिलायें सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने घोषणा की है कि इस वर्ष दिसंबर से सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएंगे फास्टैग प्रणाली में टोल प्लाजा पर टैक्स का भूगतान इलैक्ट्रॉनिक तरीके से कर दिया जाता है इससे फास्टैग यक्त वाहन सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने टोल प्लाजा पर बनी विशेष लेन से बिना रूके गुजर सकेंगे इन फास्टैग को बाईस प्रमाणित बैंक विभिन्न माध्यमों जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल प्लाजा के बिक्री काउंटरो के साथ ही चुनिंदा बैंको की शाखाओं से जारी कर रहे हैं सड़क परिवहन मंत्री ने आशा जताई कि मोटर वाहन अधिनियम दो हजार उन्नीस से सड़क द्र्घटनाओं को रोकने और हताहतों की संख्या कम करने में मदद भिलेगी उन्होंने कहा कि इस कानून को लागू करने के लिए मंत्रालय ने आवश्यक कदम उठाए हैं केन्द्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने कहा है कि सरकार समग्र स्वास्थ्य देखभाल सुविधाए सुनिश्चित करने के लिए देश की समी पारम्परिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा दे रही है आज चेन्नई में सिद्ध चिकित्सा प्रणाली के बारे में आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए नाइक ने कहा कि मार्च दो हजार सत्रह में घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में सभी भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को बराबर महत्व दिया गया है प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगले माह पहली से तीस सितम्बर तक प्रदेश के सभी जनपदों में ज़िला उद्यमी समागम का आयोजन किया जायेगा सूक्ष्म लघू और मध्यम उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने लखनऊ में बताया कि इस समागम में पारम्परिक कारीगरों और उद्यमियों को एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली सुविघाओं से अवगत कराया जाये गा

मुख्यमंत्री ने जल निगम के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया है कि मृतकों के परिजनों को दस दस लाख रूपये की सहायता राशि अबिलम्ब उपलब्ध करायें उन्होंने प्रबंध निदेशक को घटना के कारण की जांच का भी निर्देश दिया